पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री गोपाल भार्गव ने निर्देश दिये हैं कि सर्वेक्षण की तिथियों का ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक प्रचार प्रसार किया जाये उन्होंने ग्रामीणों से सर्वेक्षण में बढ़ चढ़कर भागीदारी की अपील की है

धार गुना पन्ना जिलों में इस सर्वेक्षण की तैयारियां पूरी हो गई है

बताया जाता है कि इसके लिए रक्षा मंत्रालय द्वारा सैनिक कल्याण बोर्ड के जरिए जिला प्रशासन से जरूरी जमीन की मांग की थी वहीं जिले के गोहद अनुविभाग में यह जमीन मालनपुर में तलाश ली गयी है कल अनुविभागीय अधिकारी राजस्व डी के शर्मा ने दिल्ली से आए दल के साथ इस जमीन का निरीक्षण किया और इसकी रिपोर्ट जिला प्रशासन द्वारा भोपाल भेजी जाएगी

सैनिक स्कूल सोसायटी द्वारा संचालित होने वाले स्कूल भवन के निर्माण का पूरा खर्च अब प्रदेश सरकार को वहन करना होगा नीति आयोग नीति आयोग के प्रधान सलाहकार रतन पी वातल ने कहा है कि नोटबंदी के बाद देश में डिजिटल भुगतान में बढ़ोत्तरी हुई है आज नई दिल्ली में डिजिटल भुगतान पर आयोजित एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश में इस समय बड़े पैमाने पर लोग डिजिटल भूगतान को अपना रहे हैं

श्री वातल ने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठा रहा है

मुख्यमंत्री कल सुबह पृष्पराजगढ़ विधानसभा के राजेन्द्र ग्राम पहंचकर यात्रा की शुरुआत करेंगे दो दिनों की इस यात्रा के दौरान वे शहडोल जिले में भी पहुंचेंगे और कई जन सभाओं को संबोधित करेंगे इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा के चुनाव को देखते हुए मुख्यमंत्री ने जनआशीर्वाद की शुरूआत उज्जैन से की थी कमलनाथ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ कल से सतना जिले के मैहर से चुनावी दौरे की शुरूआत करेंगे श्री नाथ मां शारदा के दर्शन के बाद चुनावी दौरे पर निकलेंगे इसके बाद श्री नाथ सतना जिले के दशहरा मैदान में कल एक चुनावी सभा को संबोधित करेंगे उनके साथ नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह साथ रहेंगे

इस योजना का लाभ असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के परिवारों और खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम के पात्रता पर्ची वाले सभी परिवारों को भी दिया जायेगा

योजना का लाभ शासकीय और निजी चिकित्सालयों के माध्यम से कैशलेस रूप में दिया जायेगा हादसा जबलपुर जिले के सिहोरा थाना क्षेत्र में आज एक जीप अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गयी जिससे उसमें सवार दो व्यक्तियों की मौत हो गयी और पांच अन्य घायल हो गये जीप सवार लोग मैहर दर्शन के लिए जा रहे थे वही देवास जिले के भोरासा के पास आज सुबह एक एम्बुलेंस ट्राले में घुस गयी जिससे आठ नर्सो सहित नौ लोग घायल हो गये

स्तनपान सप्ताह प्रदेश में कल से विश्व स्तनपान सप्ताह शुरु हो रहा है

शिशुओं में होने वाले कुपोषण को रोकने के लिये स्तनपान कराना जरूरी है इस संबंध में फैली भ्रांतियों अंधविश्वासों को रोकने में मीडिया की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है संभागस्तरीय मीडिया कार्यशाला में प्रिंट इलेक्ट्रानिक सोशल मीडिया के प्रतिनिधि शिशु रोग विशेषज्ञों ने भागीदारी की वहीं विभिन्न जिलों में भी विश्व स्तनपान सप्ताह के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किये जायें गे

अंतर्राष्ट्रीय रोजगार मेला में सहभागिता के लिए युवाओं को माई एमपी रोजगार पोर्टल पर क्लिक कर आवेदन करना अनिवार्य है आवेदित युवाओं के लिए जिला स्तर पर रोजगार मेले से पूर्व काउन्सिलिंग सत्र का आयोजन किया जाएगा अनुभव प्राप्त विशेषज्ञों द्वारा उनकी काउन्सिलिंग भी की जायेगी

विश्वास सारंग सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग ने कहा है कि स्वास्थ्य शिविरों में हास्पिटल जैसी पूरी सुविधाएं मिलनी चाहिये श्री सारंग ने कल गैस राहत चिकित्सालय और विभाग के अधिकारियों के साथ स्वास्थ्य शिविर की तैयारियों की समीक्षा की इस अवसर पर उन्होंने कहा कि गैस पीड़ित क्षेत्र में स्वास्थ्य शिविरों में हॉस्पिटल जैसी पूरी सुविधाएँ सुनिश्चित करें उन्होंने कहा कि गैस राहत हॉस्पिटल द्वारा अगस्त माह में गैस प्रभावित क्षेत्र में स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया जा रहा है लोक अदालत प्रदेश में आठ सितम्बर को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा नेशनल लोक अदालत में आपराधिक प्रकरण बैंक रिकवरी संबंधी मामले मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा संबंधी प्रकरण वैवाहिक प्रकरण श्रम एवं भूमि अधिग्रहण संबंधी लंबित प्रकरणों का निराकरण किया नेशनल लोक अदालत में जलकर सम्पतिकर और बिजली से संबंधित मामलों में शासन के नियमानुसार छूट मिलेगी

जिससे समय पर सूचना मिल जाने से स्थानीय एवं जिला स्तर पर त्वरित उपचार हेतु आवश्यक व्यवस्था की जा सकेगी जिससे दुर्घटनाओं तथा महामारियों से होने वाली जनहानि की संभावना को कम किया जा सकेगा

छात्रवृत्ति के लिए विद्यार्थियों को नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर आवेदन करना होगा छात्र छात्राओं से आवेदन केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किए जायेंगे मॉनीटरिंग समिति मध्यप्रदेश निर्वाचन आयोग ने आगगामी विधानसभा चुनाव के मददेंनजर राज्य स्तरीय मीडिया सर्टीफिकेशन और मॉनीटरिंग कमेटी का गठन किया है यह कमेटी पैड न्यूज पर नजर रखेगी मौसम मौसम विभाग ने प्रदेश के कई स्थानों पर बारिश या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई है

वहीं शहडोल इंदौर उज्जैन और भोपाल जिलों में कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती है

वे पर्यटन क्षेत्र में परस्पर सहयोग के लिये चर्चा करेंगे